उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए एडवांस धनराशि दी जायेगी

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धान की नमी की समस्या को हल करने सभी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय खरीद पोर्टल पर पर धान खरीद की सूचनाएं उपलब्ध कराने और खाद्य भण्डारण की क्षमता बढ़ाने समेत कई जरूरी दिशा निर्देश दिये कूड़ा कलेक्शन उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के सलाहकार एचपी उनियाल ने उत्तरकाशी में कूड़ा निस्तारण और स्वच्छता के संबंध में बैठक की उन्होने शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के साथ ही जैविक अजैविक कूड़े को अलग अलग करने पर जोर दिया उन्होंने नगर निगम इंदौर के ठोस अपशिष्ट निस्तारण के सफल और अभिनव कार्यों का जिक्र किया श्री उनियाल ने कहा कि गीले कड़े से कम्पोस्ट खाद बनाने के अलावा कड़े से एक बिजनेस मॉडल भी तैयार किया जा सकता है उन्होंने बताया कि इंदौर रायूपर छतीसगढ़ के अम्बिकापुर में भी कूड़ा निस्तारण की बड़ी समस्या थी लेकिन वर्तमान में वहां पर कूड़ा निस्तारण के साथ ही इससे जुड़ी विभिन्न योजनाओं में कार्य कर रहे लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं

जिलाधिकारी ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि जैविक और अजैविक कूड़े को स्रोत पर ही अलग अलग करने के लिए लोगों के सहयोग की जरूरत है उन्होंने इसके लिए बड़े स्तर पर लोगों को जागरूक करने पर जोर देते हुए स्वच्छता चौपाल नुक्कड़ नाटक वाद विवाद प्रतियोगिता और जागरूकता रैलियों के आयोजन के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी वार्ड सदस्यों से अपने वार्डो में इस कार्यक्रम के सफल संचालन को सुनिश्चित करने की अपील की अरुण जेटली अस्थियां पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गईं इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए केंद्रीय मंत्री निशंक ने शोक जताते हुए कहा कि अरुण जेटली के निधन से अप्रणीय क्षति हुई है देश ने एक सुलझा हुआ नेता और विद्वान व्यक्ति को खो दिया है मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सुधारों के लक्ष्य को पूरा करने वाले नेताओं में अरुण जेटली प्रमुख थे उनका असमय चले जाना भाजपा परिवार और देश के लिए भारी क्षति है जिसकी भरपाई मुश्किल है

सूत्रों के अनुसार यह फैसला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण में की गई घोषणा के आधार पर लिया गया है प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से कहा था कि हो सकता है कि कर प्रशासन में कुछ भ्रष्ट लोगों ने सत्ता का द्रुपयोग कर ईमानदार करदाताओं को मामूली चूक पर जरूरत से ज्यादा परेशान किया हो श्री मोदी ने कहा था कि सरकार ने अभी हाल में कर विभाग के अनेक अधिकारियों को जबरन रिटायर किया है और यह भी कहा था कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

ई रिक्शा अल्मोड़ा अल्मोड़ा की माल रोड पर सितम्बर के पहले हफ्ते से ई रिक्शा का संचालन शुरू हो जाएगा जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने एक बैठक के दौरान कहा कि ई रिक्शा संचालन का ट्रायल किया गया था जिसमें सफलता मिलने पर अब ई रिक्शा का नियमित संचालन शुरू हो जायेगा उन्होंने एआरटीओ को ई रिक्शा संचालन से सम्बन्धित सभी औपचारिकतायें और कार्रवाई प्री करने के निर्देश दिये हैं बैठक में नये पार्किंग स्थल के चयन को लेकर भी चर्चा हुई

इसी क्रम में रुद्रपुर में आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रभारी रविंद्र दत्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी उन्होंने कहा कि लोगों को छोटी छोटी शिकायतों के लिए सचिवालय या मुख्यमंत्री आवास के चक्कर न काटने पड़ें इसके लिए अधिकारियों को समान्य शिकायतों का अपने स्तर पर निस्तारण करना होगा उन्होंने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल को गंभीरता से लेने को कहा श्री दत्त ने बताया कि जिला ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारी को प्रथम स्तर जिलाधिकारी और विभाग के जिला स्तर के अधिकारी को द्वितीय स्तर संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को तृतीय स्तर और संबंधित विभाग के सचिव को चतुर्थ स्तर में वर्गीकृत किया गया है उन्होंने कहा कि सभी लंबित और समाधान की गई शिकायतों को मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा भी देखा जा रहा है सेब उत्पादन जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड सेब की पैदावार में देश का तीसरा बड़ा राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है उत्तरकाशी के बाद अब नैनीताल जिले के भीमताल के फल पट्टी क्षेत्र में भी सेब का उत्पादन होने लगा है माना जा रहा है कि यदि किसानों ने यहां सेब उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई तो उत्तराखंड के फल उत्पादकों को दोगुनी आमदनी होगी साथ ही पलायन को रोकने और रिवर्स पलायन में भी मदद मिल सकती है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का मानना है की आध्निक सेब की खेती न सिर्फ किसानों के लिए लाभदायक है बल्कि उत्तराखंड से पलायन रोकने में भी बड़ी कारगर साबित हो सकती है

इस स्कूटी रैली का मकसद बेटियों के लिंगानुपात में सुधार और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा देने के प्रति जागरूक करना था जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी ने स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इसके बाद आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया गया कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि बेटियों और बेटों के अधिकार समान है बेटियों को भी जिन्दगी में आग बढ़ने के बराबर मौके दिये जाने चाहिए पंचायत चुनाव नैनीताल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को स्वतंत्र निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला स्तर पर कवायद तेज हो गयी है इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी सविन बंसल ने विकासखण्डवार जोनल मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं

शिक्षक सम्मान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास में राजकीय इंटर कॉलेज गरखेत टिहरी गढ़वाल में तैनात राजनीतिक विज्ञान के प्रवक्ता आशीष डंगवाल को सम्मानित किया

उन्होंने श्री डंगवाल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इसी तरह से अपनी शैक्षणिक गतिविधियों और व्यवहार के साथ बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें उत्तराखण्ड में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो तमाम मुश्किलों के बाबजूद समाज को नई दिशा दे रहे हैं गौरतलब है कि आशीष डंगवाल इससे पूर्व राजकीय इण्टर कॉलेज भंकोली में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे वहां उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किये और जब उनका तबादला हुआ तो पूरे गांव ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया बैठक चमोली चमोली की जिलाधिकारी ने विगत आपदा में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण कार्यो को जल्द पूरा कराते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है

जिलाधिकारी ने आपदा में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन विभागों से विगत आपदा के पुनर्निर्माण कार्योंकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी उनके वर्तमान आपदा में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी उन्होंने आपदा के सभी निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन भी कराने के निर्देश दिए

प्रतियोगिता में उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के प्रतिभागी भी भाग ले रहे हैं उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले के आपदा प्रभावित गांवों के लिये बरनाली बेस कैम्प से रसद पहुंचाई जा रही है बेस कैंप से गांवों में मौजूद सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के गोदाम में रसद भेजी गई है